न्यायालय अपना फैसला बाद में सुनाएगा प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि न्यायालय मामले की गंभीरता को समझता है वह यह भी समझता है कि इस मामले में मध्यस्थता का देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा न्यायालय ने संबंधित पक्षों से कहा कि ये इस मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रयास करें क्योंकि यह मामला लोगों की आहत भावनाओं को राहत पहंचाने से भी जुड़ा है शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष दो हजार दस के फैसले के खिलाफ दायर चौदह याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस के पुरस्कार प्रदान किए इंदौर को लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला मध्यप्रदेश के तीन शहरों इंदौर भोपाल और उज्जैन को शीर्ष पुरस्कार मिला है इंदौर लगातार तीन वर्षो से सबसे स्वच्छ शहर होने के सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर बरकरार है वहीं भोपाल के लिए भी यह हैट्रिक है दो हजार उन्नीस के सर्वेक्षण में भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है राज्य के एक और शहर उज्जैन को तीन लाख से दस लाख आबादी की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ छोटे शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया जबकि उत्तराखंड का गौचर सर्वोत्तम गंगा शहर माना गया इस सर्वेक्षण में शीर्ष शहरों को स्वच्छता की दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस के अंतर्गत देश में सभी शहरी निकायों को शामिल किया गया इस प्रकार यह विश्व में सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वक्षण हो गया है इस अवसर पर श्री कोविंद ने उन सबकी सराहना की जो देश में स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि लोग हाल में संपन्न हुए कुंम मेले और वहां की स्वच्छता से प्रेरणा लेंगे इस मौके पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में शहरों के रूपान्तरण का जो प्रयास किया जा रहा है वह नियोजित शहरीकरण की सबसे व्यापक और महत्वाकांक्षी रूपरेखा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुंभ मेले के स्वच्छता कर्मचारियों के लिए बनाए गए कल्याण कोष में अपनी निजी आय से इक्कीस लाख रूपये दान किए हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने सोल शांति प्रस्कार में मिले एक करोड़ रूपये भी नमामि गंगे परियोजना को दान किए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में लोक कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही भगवान शिव के आशीर्याद से रौद्र रूप दिखा कर सीमा पर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया है प्रधानमंत्री ने दृश्मनों से आंख से आंख मिलाकर बातें करने वाले नये भारत का स्वरूप दुनिया के सामने रखा मुख्यमंत्री कल देर रात वाराणसी में विकास कार्यों की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने वहां आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आठ मार्च को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सुन्दरीकरण और अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज वाराणसी और दरमंगा के बीच अन्त्योदय साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह ट्रेन तेरह मार्च से प्रत्येक बुधवार को दरमंगा से और चौदह मार्च से प्रत्येक वृहस्पतिवार को वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से नियमित रूप से संचालित होगी श्री सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र के गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में विभिन्न रेल परियोजनाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस साप्ताहिक ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया है बच्चों को अंतरिक्ष की गतिविधियों के बारे में रुचि पैदा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के बारे में उन्हें बुनियादी बातों से अवगत करायेंगे गर्मी की छुटिटयों के दौरान कैच देम यंग छात्रावास प्रशिक्षण कार्यक्रम करीब दो हफ्ते का होगा सरकार देशभर में कल जनऔषधि दिवस मनायेगी देश के साढ़े छह सौ जिलों में पांच हजार से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना केन्द्र काम कर रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में रसायन और उर्वक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये पूरे देश के पांच हजार जन औषधि केन्द्रों को सम्बोधित करेंगे